उद्योग और र्स्टाटअप अब संस्थानों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध उपकरणों और प्रौद्योगिकी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे

मोदी कोविड समीक्षा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड महामारी और इसके उपचार से सम्बंधित टीके की आपूर्ति वितरण और अन्य तैयारियों की समीक्षा की श्री मोदी ने कहा कि कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है भारत में विशेष रूप से तीन टीकों के परीक्षण का काम प्रगति पर है इनमें से दो टीकों का परीक्षण दूसरे और एक का परीक्षण तीसरे चरण में है भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता अफगानिस्तान भूटान बांग्लादेश मालदीव मॉरिशस नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में जारी अनुसंधान में सहयोग कर रहे हैं

पीएम ग्रेड चैलेंजेस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इसे सम्बोधित करेंगे

गौरतलब है कि नीति आयोग द्वारा इन जिलों में किए जा रहे कार्यो की नियमित समीक्षा की जाती है तथा जिन जिलों का उत्कृष्ट प्रदर्शन पाया जाता है उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त राशि दी जाती है जुलाई माह की समीक्षा में खंडवा को इस प्रस्कार के लिये चुना गया

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि वह विश्वविद्यालयों और उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ढांचे में सुधार संबंधी अपने कोष का पुनर्गठन कर रहा है इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय विश्वविद्यालयों और उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण तथा अनुसंधान के लिए बुनियादी सुविधाओं के नेटवर्क का विस्तार करने में सहायता प्रदान करता है मंत्रालय ने कहा है कि स्टार्टअप और उद्योग इन संस्थाओं में अपने लिए अपेक्षित अनुसंधान तथा विकास प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास के लिए आवश्यक परीक्षण तथा प्रयोग कर सकेंगे मंत्रालय ने बताया है कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए इस कार्यक्रम को नया रूप दिया जा रहा है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

आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में कल रात खेले गए एक मैच डेल्ही कैपिटल्स ने चेन्नई सुपरकिंग्स को पांच विकेट से हरा दिया

आईपीएल में यह उनका पहला शतक है उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया